कोविड वैक्सीनन पूरी तरह सुरक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वा स न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

यह अब तक का सर्वाधिक विद्युतिकरण का कार्य है

भारतीय रेल ने आयातित पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए हाल के वर्षो में विद्युतिकरण पर बल दिया है

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से श्री राम कॉलेज बितजनेस कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि यह पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी

यात्रा पर जाने के लिए राज्य सरकारों या केन्द्र शासित प्रदेषों के प्रषासन द्वारा अधिकृत डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं

जिन छात्रों के पाठ्यकम में कटौती की गई है वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से भाजपा सांसद डा अरविंद शर्मा के पिता सतगुरू दास शर्मा की रस्म पगड़ी में शिरकत की उन्होंने सांसद के पिता को श्रद्वासुमन अर्पित किए इस अवसर पर हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे

आज उनकी याद में रोहतक के ओल्ड आईटीआई मैदान में श्रद्धांजलि सभा हुई

इसके साथ ही उन्होंने मोक्ष आश्रम में सोलर पैनल तथा बुजुर्गों के लिए ऑकसीजन मषीन देने की घोषणा की सामाजिक धार्मिक कार्यकमों में शामिल होकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला का जन्म दिन मनाया और उनकी लंबी आयु की कामना की देवी भवन गौषाला में पहुंचे राज्य मंत्री धानक ने गायों को गुड़ व दलिया खिलाकर गौसेवा की और मंदिर में पूजा अर्चना की हरियाणा में एक अप्रैल से आरंभ हुई रबी खरीद सीजन के पहले दो दिनों में ढाई लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसानों की सूचना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को एक बार पुनः आज से खोल दिया है जो किसान किसी कारणवष अपना नाम पंजीकृत नहीं करवा पाए वे शीघ्र पोर्टल पर पंजीकरण करें उन्होंने बताया कि जो किसान अगले सप्ताह अपनी गेहूं की फसल मंडी में लाना चाहते हैं वे ई खरीद पोर्टल पर निर्धारित कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार मंडी व तिथि का चयन कर सकते हैं इसके अलावा किसान संबंधित सचिव मार्केट कमेटी या मंडी के कॉल सेंटर से संपर्क करके भी अपना निर्धारण तय कर सकते हैं हरियाणा में पैदा होने वाला बाजरा अब मशहर कंपनियों के बिस्किट का स्वाद बढ़ाएगा इसको लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न बिस्किट कंपनियों व बेकरी उत्पादकों से संपर्क साधा है

ऐसे में राज्य सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ का घाटा उठाते हुए किसानों के उत्पाद को खरीदा है इसी घाटे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बाजरे की ज्यादा खपत को लेकर नीति बनाई हैं आज सुबह गुरुग्राम के नाथूपुर इलाके में बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई